श्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कोरोना को हराने में लगे डॉक्टर्स नर्स एम्बूलेंसकर्भियों से बात कर उनके अनुभव साझा किये प्रधानमंत्री ने कोविड वैक्सीन को लेकर कहा कि लोगों को किसी भी अफवाह में नहीं आना चाहिए भारत सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन का कार्यकम चल रहा है वह आगे भी चलता रहेगा उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को फी वैक्सीन भेजी है

इसमें हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वैक्सीन लगवाने के साथ ही पूरी सावधानी रखने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि दवाई भी कडाई भी इस मंत्र को कभी नहीं भूलना है श्री मोदी ने देश वासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आयेंगे चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने कहा है कि जरूरतमंद मरीजों को प्राथमिकता से मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति की जा रही है साथ ही इसकी बर्बादी को रोकने के उपाय भी अपनाए जा रहे हैं श्री गालरिया कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में यह बात कही उन्होंने कोटा मेडिकल कॉलेज समेत कुछ अन्य अस्पतालों की ओर से हर सिलेंडर में बचने वाली कुछ पौंड ऑक्सीजन को उपयोग में लेने के तरीकों की सराहना की गालरिया ने ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचायोँ अस्पतालों के अधीक्षकों और अन्य चिकित्सा अधिकारियों को बेड टू बेड ऑडिट के निर्देश दिए बीकानेर में कोरोना संकमण के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में नया प्लांट श्रू किया गया है जिला कलक्टर नमित मेहता ने कल रात इसका उद्घाटन किया इस प्लॉट के शुरू होने से प्रतिदिन डेढ सौ से अधिक सिलेण्डर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी

प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना मरीजों को निश्चित रुप से बेड दिलाने के लिए जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है

चिकित्सा विभग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इन कमेटियों में अधिकारियों की नियुक्ति जिला कलक्टर की ओर से की गई है जिसमें प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है साथ ही यह कमेटियां कोरोना महामारी से सबंधित अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखेंगी

अगर किसी हालत में यह दवा नहीं भिले तो मरीज और उनके परिजनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है डॉ सिंह ने बताया कि स्टीरोइड और खून पतला करने वाली दवा कोरोना में जीवन रक्षक है जो अधिकांश चिकित्सक ईलाज में इस्तेमाल कर रहे हैं